्त लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा लोकतांत्रिक संस्थायें जनता के प्रति और जवाबदेह बनें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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

टैंक एमकेवन ए सेना को सौंपते हुये उन्होने कहा कि ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं श्री मोदी ने स्वदेश में विकसित इस टैंक को चेन्नई में र्सना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को सौंप दिया इससे पहले प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित अत्याध्रनिक टैंक द्वारा सलामी ली

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को कैश लेन बंद करने और कैशलैस टोल टैक्स की शत प्रतिशत पालना के निर्देश दिये हैं इससे समय की बचत होगी और टोल वसूली में पारदर्शिता आयेगी फास्ट टैग नहीं होने पर वाहन चालकों को दोगुना टोल टैक्स देना होगा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी इन वीर सप्तों को टवीट संदेश के माध्यम से नमन किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने आज जयप्र में अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित कर इन वीर सप्रतों को याद किया पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हये राजसमन्द जिले के बिनौल गांव के नारायण लाल गुर्जर के घर पहुंच कर जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किये

श्री बिरला ने आज टोंक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हये कहा कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि लोकसभा की कार्यवाही ज्यादा से ज्यादा चले ताकि आम लोगों के हित में ज्यादा चर्चा की जा सके लोकसभा अध्यक्ष ने भीलवाड़ा के बिजौलिया में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हिस्सा लिया इसके बाद उन्होने कोटपुतली में आयोजित एक समारोह में भी शिरकत की श्री बिरला इस समय धानक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तिरेपनवीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत सक्षम भारत में हिस्सा ले रहे हैं

अब तक इस बीमारी से एक करोड छह लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड मृत्युदर एक दशमलव चार तीन प्रतिशत है जो विश्व की सबसे कम दरों में शामिल है

कोरोना संकमण से बचाव के लिये चलाये जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत प्रदेश में कल से स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जायेगी

इसके अलावा सामाजिक एवं अधिकारिता और कृषि विभाग के लाभार्थियों को कोरोना टीके की पहली डोज लगाई जायेगी चिकित्सा मंत्री ने बताया कि इस सप्ताह उन सभी हैल्थ केयर और फ़न्टलाईन वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जायेगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है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

इसके बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जायेगा सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने इस दौरान कांग्रेस के सभी सदस्यों को विधानसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है

इस दौरान उन्होंने सेना की ऑपरेशन संबंधी विभिन्न गतिविधियों का भी जायजा लिया

जिला प्रशासन जालौर विकास समिति और पर्यटन विभाग की ओर से होने वाले इस उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा महोत्सव की पूर्व संध्या पर आज शहर के सुन्देलाव तालाब पर दीपदान किया जा रहा है

इसके अंतर्गत कल से शहर में स्वच्छता अभियान सहित विभिन्न कार्यकमों की शुरूआत हुई आज भरतपुर में शौर्य रैली निकाली गई और सूरजमल स्मारक पर दीपदान किया जा रहा है

इस दौरान बड़ी संख्या में पक्षी प्रेमियों युवाओं और बच्चों ने रैड स्मैक ग्रीन सैन्ट पाईपर व्हाइट किंगफिशर और अन्य प्रवासी पक्षियों को देखा और उनकी अठखेलियों का आनन्द लिया

इससे तेज सर्दी का असर कम हुआ है

इनमें औषधीय महत्व के पौधे लगाये जायेंगे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ये उद्यान अजमेर अलवर बांसवाड़ा भीलवाड़ा बीकानेर बूंदी चित्तौड़गढ दौसा श्रीगंगानगर हनुमानगढ जैसलमेर जालौर कोटा झालावाड़ जोधपुर और जयपुर में विकसित किये जायेंगे इसके लिये विभाग स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लेगा इन उद्यानों में गूगल तुलसी गिलोय अश्वगंधा और अर्जुन सहित अन्य पौधे लगाये जायेंगे